पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर खुलने वाली मैडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर लाया गया विधेयक विधानसभा में पारित पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवान तिलकराज का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केन्द्रीय मंत्री जेपीनड्डा ने परिजनों को बंधाया ढांढस प्रदेश सरकार कमला नेहरू अस्पताल को मात व शिश देखभाल के लिए प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान के रूप में करेगी विकसित

शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान सिंचाई मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री विधायक जगत सिंह नेगी राकेश सिंघा और आशा कुमारी के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि ब्रिक्स से अभी तक कोई फंड उपलब्ध नहीं हुआ है मगर इसकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लंबी प्रकिया से गुजरना पड़ता है उन्होंने प्रोजैक्ट के माध्यम से धनराशि आबंटन में किसी तरह का भेदभाव किए जाने से भी इनकार किया मुकेश अग्निहोत्री ने अधीक्षण अभियंताओं के गृह क्षेत्र में तैनाती को लेकर सवाल उठाते हुए सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग से ऐसे कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता से पहले बदलने का आग्रह किया सिंचाई मंत्री महेन्द्र सिंह ने कहा कि इस मामले को मुख्यमंत्री के साथ उठाया जाएगा

माकपा के राकेश सिंघा और कांग्रेस की आशा कुमारी व विक्रमादित्य सिंह के संयुक्त सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि पीटीए व पैट शिक्षकों को लेकर तीन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लबित हैं इनमें एक याचिका में अदालत ने नियमित करने पर स्टे भी लगाया है इसलिए सरकार को इन्हें नियमित करने में बाधा आ रही है लिहाजा सरकार ने अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों को नियमित आधार पर वेतन देने का निर्णय लिया है और अगले साल के लिए पेश किए गए बजट में इसकी घोषणा की गई है

विधेयक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर खुलने वाली मैडीकल यूनिवर्सिटी को लेकर लाया गया विधेयक आज विधानसभा में पारित हो गया

इस स्थिति में आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज सहित अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टरों को इस स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालय के कुलपति की कुर्सी मिल सकती है

इस विधेयक के पारित हो जाने से कानून की पुस्तक से ऐसी अनावश्यक विधियों को हटाया जाएगा जिनका महत्व समय के साथ समाप्त हो गया है कटौती प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रदेश के बजट में कोई कटौती नहीं की है और पूर्व की भांति ही इन क्षेत्रों के लिए कुल बजट का नौ प्रतिशत हिस्सा अभी भी जारी है ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने आज विधानसभा में विपक्ष द्वारा जनजातीय विकास विभाग को लेकर लाए गए कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा के जवाब में ये बात कही

उन्होंने माना कि जनजातीय उपयोजना का पैसा दूसरे मद में स्थानांतरित हुआ है लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया है और ये पैसा भी जनजातीय क्षेत्र में ही विकास पर खर्च किया जा रहा है उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में लाडा का चेयरमैन लगाना अलग अलग सरकारों पर निर्भर करता है उन्होंने कहा कि सरकार पांगी के लिए होने वाली हेलीकॉप्टर उड़ानों से घाटी से बाहर आने वाले लोगों को भूंतर के बजाए चंबा में उतारने पर गंभीरता से विचार करेगी कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा में विधायक जगत सिंह नेगी आशा कुमारी और आशीष बुटेल ने भी हिस्सा लिया विपक्ष द्वारा अपने कटौती प्रस्ताव वापिस न लेने के चलते बाद में सदन ने इन प्रस्तावों को ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया और जनजातीय विकास को लेकर मांग पारित हो गई

ये उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी अंतिम संस्कार जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद कांगड़ा जिले के ज्वाली क्षेत्र के सीआरपीएफ के जवान तिलकराज का अंतिम संस्कार आज उनके पैतुक गांव जन्द्रो में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया जवान का पार्थिव शरीर गांव में पहंचते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपीनड़डा ने शहीद को श्रद्वांजलि अर्पित कर उनके परिजनों को ढांढस बंधाया जयराम ठाकुर ने तिलकराज की अंतिम यात्रा में भी हिस्सा लिया बेहद गमगीन माहौल में हज़ारों लोगों ने शहीद तिलकराज को श्रद्वा सुमन अर्पित कर अश्रपूर्ण विदाई दी खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कूपर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार सांसद शांता कुमार भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा और सैन्य व प्रशासनिक अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे

इस दौरान व्यापार मंडल सहित विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक विरोध रैली भी निकाली व्यापार मंडल के सदस्यों ने शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी जताई कुल्लू ज़िले में शहीदों के सम्मान में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और लोगों ने विरोध स्वरूप रैली निकाली लोगों ने आतंकवाद की इस घटना के प्रति केन्द्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रिकांगपिओ इकाई ने शहीदों को भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की और आतंकी हमले के विरोध में एक रोष रैली भी निकाली इधर शिमला में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज सीटीओ से शेर ए पंजाब तक कैंडल मार्च कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी केएनएच राज्य सरकार शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल को मातृ व शिशु देखभाल के लिए प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अस्पताल भवन के मातृत्व और बाल स्वास्थ्य ब्लॉक का उद्घाटन करने के बाद आज ये बात कही

जयराम ठाकुर ने कहा कि नए ब्लॉक में मौजूदा बिस्तर क्षमता के अलावा एक सौ बिस्तरों की अतिरिक्त क्षमता होगी जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी बाद में मुख्यमंत्री ने अटल स्वास्थ्य योजना के तहत नवजात शिशुओं को बेबी हैल्थ किट भी वितरित किए इस मौके शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य मेलों से ग्रामीणों को निःशुल्क जांच ईलाज और दवा की सुविधा उनके घर द्वार पर मिल रही है

उन्होंने आतंकियों के इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस घटना के प्रति पूरे देश में आक्रोश है वीरेन्द्र कश्यप इस बीच सिरमौर ज़िले में शिलाई निर्वाचन क्षेत्र के रोनहाट में भी आज सांसद स्वास्थ्यय मेला आयोजित किया गया जिसका शुभारंभ सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने किया

मांग चम्बा जिला में जनजातीय पांगी घाटी की सेच् पंचायत के मुर्च्छ गांव में पिछले दिनों हुए हिमस्खलन से लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वहीं विधायक जियालाल कपूर ने किलाड़ में आपदा प्रबंधन की समीक्षा के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की उन्होंने घाटी के मुर्च्छ और ताई सुराल गांव में बर्फबारी व ग्लेशियर से प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए जियालाल कपूर ने घाटी में फंसे मरीजों व विद्यार्थियों के लिए हैलीकॉप्टर उड़ान करवाने का भी सरकार से अनुरोध किया इस बीच पांगी से भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य नरेन्द्र शर्मा ने आज पांगी के लिए हैलीकॉप्टर उड़ान होने पर सरकार और विधायक जियालाल कपूर का आभार जताया है

नालदा पंचायत के उपप्रधान शेरचंद ने भी बारिंग के लिए जल्द हैलीकॉप्टर उड़ान करवाने की मांग की है